विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुमाने के लिए देशभर में रैलियां कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज आंवला में एक जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी शक्तियों को अस्तित्वविहीन करना भाजपा का लक्ष्य है अमरोहा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो कार्य पिछली सरकारें पचपन साल में नही कर पायी वह वर्तमान सरकार ने पांच वर्षो में कर दिखाया है कॉगेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज आगरा में एक रोड शो किया केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता जेपी नड्डा आज प्रयागराज पहुंचे और वहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी चर्चा की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कल के मतदान से गठबंधन के पक्ष में जो हवा चली है उससे भारतीय जनता पार्टी काफी मायूस है राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने आज अमरोहा संसदीय सीट के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और बाद में खेड़की में एक नुक्कड़ सभा को सम्बोधित किया लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच की गई आज नामांकन वापस लेने का अन्तिम दिन था इस चरण के लिये कुल दो सौ तिरपन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये थे नामांकन के अंतिम दिन एक सौ सोलह उम्मीदवारों ने अपने पर्व भरे इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर में उन्तीस अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है आज कॉप्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने धौरहरा संसदीय सीट के लिये नामांकन किया पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें फिरोजाबाद धौराहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्वी बाराबंकी बहराइच केंसरगंज और गोण्डा शामिल हैं उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं शीर्ष न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में समी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे तीस मई तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों से प्राप्त रकम और बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया केन्द्र ने पिछले वर्ष जनवरी दो हजार अट्ठारह में चुनावी बाँड योजना की अधिसूचना जारी की थी चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विगत सात और नौ अप्रैल को दिए गये उनके भाषणों के संदर्भ में नोटिस जारी किया है आयोग ने उनके भाषणों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघन बताते हुए चौबीस घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है भारतीय जनता पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी ने रफाल मामले पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका दायर की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इस याचिका पर पन्द्रह अप्रैल को सुनवाई होगी सुश्री लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने शीर्ष न्यायालय की व्यवस्था पर निजी टिप्पणी करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की है उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट पर किए गए हवाई हमले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है उनके अनुसार ऐसा करना सशस्त्र बलों का अपमान है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एक पुस्तिका जारी की जिसमें डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के संविधान सभा में दिए चुनिंदा भाषण हैं श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि इंटरनेट आने से पहले के दौर में बाबा साहेब ने भारतीय संविधान तैयार करने में जिस तरह का शौध कार्य किया वह वास्तव में असाधारण है उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता में बाबा साहेब का योगदान सही अर्थों में महान है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता देवी प्रसाद सिंह का उनके देवरिया स्थित पैतृक आवास पर कल देर रात निधन हो गया वह बयासी वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद के निधन पर शोक जताया है